झांसी के बबीना सैन्य स्टेशन में आज से भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र दो हजार अट्ठारह शुरू हो गया है

सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे इस ग्यारह दिवसीय युद्धाभ्यास में रूस संघ की पांचवीं सेना और भारतीय सेना की ओर से मैकेनाइज्ड इनफैन्ट्री बटालियन की कम्पनी साइज की सैन्य दुकड़ियॉ भाग ले रही हैं इस परेड के दौरान आर्मी ऐवियशन के एक हलीकाप्टर द्वारा दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए मार्च पास्ट किया गया इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संयुक्त योजनाबद्व तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा दोनों देशों की सैन्य युद्धक रणनीतियों और सैन्य हथियारों को समझना है केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में सतहत्तर करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद यहां विकास कार्य शुरू हुये हैं

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी लोगों को सम्बोधित किया श्री शर्मा ने कहा कि अमेठी के लिए चार सौ अड़तालीस करोड़ की योजनायें तैयार की गई हैं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कृषि में रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है श्रीमती गांधी आज पीलीभीत जनपद में कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक तीन दिवसीय किसान मेले के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहीं थीं उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों और दवाओं से प्रतिदिन जमीन की उत्पादन क्षमता घट रही है जैविक खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि किसान जल कुम्भी से खाद बना कर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं श्रीमती गांधी ने अधिकारिया को किसाना के लिए नये बीज और नई तकनीक की मशीने उपलब्ध कराने के लिए कहा

श्री सिन्हा ने कहा कि उनका मंत्रालय सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए संचार प्रणाली उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन में तेजी लाएगा साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देशभर में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है एक सप्ताह के कार्यकमों के तहत आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया इस अवसर पर प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिक सद्भाव और अहिंसा पर बैठक तथा संगोष्ठियों और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक एकता फाउंडेशन गृहमंत्रालय के साथ हर वर्ष कौमी एकता सप्ताह का आयोजन करता है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

आज विश्व शौचालय दिवस है यह वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है देश और प्रदेश म स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आज यह दिन जन जागरूकता और प्रेरक गतिविधियों के साथ मनाया जा रहा है शौचालयों के उपयोग पर जोर देने वाली यह योजना अगले वर्ष अक्तूबर तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान से सीधे जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर पूरे देश में सफाई और स्वच्छता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत अभियान जन अभियान है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं फिरोजाबाद जनपद में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त तथा स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव परमश्वरन अय्यर ने भाग लेते हुए कहा कि शौचालय के प्रयोग से बीमारियों से निजात मिलती है और फसलों के लिए अच्छी खाद भो प्राप्त होती है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट फिरोजाबाद में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त तथा स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव परमेश्वरन अय्यर गांव वाजिदपुर पहुंचे उन्होंने स्वयं फावड़ा चलाकर शौचालय के गड्ढे से खाद निकाली जिसे काला सोना बताया उन्होंने अपने संदेश में कहा कि शौचालय के प्रयोग से बीमारियों से निजात मिलती है और लाभकारी खाद भी प्राप्त होती है उन्होंने ग्रामीणों के नियम और पहल की सराहना की ग्रामीणों ने अपने नियम में खुले में शौच जाने पर पांच सौ रूपये का जुर्माना लगा रखा है फिरोजाबाद का यह कार्यक्रम देश और प्रदेश में अच्छा संदेश देगा

भदोही में जिलाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने ओडीएफ कैम्प का शुभारम्भ करते हुए बताया कि जनपद खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है जिसमें जन मानस का अहम योगदान ह बलिया में वर्ल्ड विज़न इंडिया के सहयोग से खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया कन्नौज की ईशा सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बदौलत यहां बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है

लेकिन अब घर घर शौचालय बन गये हैं और लोग उनका उपयोग भी करने लगे हैं गांव में अब कहीं भी गन्दगी नहीं मिलती है एक दम स्वच्छ वातावरण है इस अवसर पर अयोध्या के मंडलायुक्त मनोज मिश्र ने आज अयोध्या जनपद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया आज प्रदेश भर में देवोत्थान एकादशी का त्योहार बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है इसे हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इस अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर परिक्रमा तथा पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे है गंगा यमुना सरयू और मंदाकिनी सहित अन्य नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई इस अवसर पर गन्ना शकरकंद सिंघाड़ा सहित अन्य कृषि उत्पादों तथा तुलसी पौधे की पूजा का प्रचलन है आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी की जयन्ती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि दी है इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं अमरोहा में जिला कांग्रेस कार्यालय गजरौला हसनपुर और धनौरा में श्रीमती गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई वक्ताओं ने उनके जीवन आदर्शो पर प्रकाश डाला

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन की महानायिका वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये जौनप्र के सरांवा गांव में शहीद लाल बहादुर गुप्त स्मारक पर रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया गया

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा